मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को अपने कार्य में कुशलता लाने के लिए परिभाषित मापदण्डों और केन्द्रित लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है निधन भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की धर्मपत्नी संतोष शैलजा का आज सुबह टांडा मैडिकल कॉलेज व अस्पताल में निधन हो गया

गौरतलब है कि संतोष शैलजा पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में उपचाराधीन थीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संतोष शैलजा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक शिक्षाविद लेखिका व समाज सेविका रहीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के निम्न वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित किया विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार सहित मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने संतोष शैलजा के निधन पर गहरा दुख जताया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सांसद राम स्वरूप शर्मा किशन कपूर और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी सहित अन्य भाजपा नेताओं ने संतोष शैलजा के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है

इस सिलसिले में कंटेनमेंट क्षेत्रों का सावधानी से सीमांकन रोकथाम के निर्दिष्ट उपायों का कडाई से पालन कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन जारी रहेगा

नंदन कुमार मिश्रा ने बताया कि ज़िले में ये तीसरा सर्वेक्षण है और इस बार एक सौ स्वास्थ्य कर्मियों के सैंपल भी लिए गए हैं ताकि संक्रमण के सामुदायिक फैलाव की जानकारी ली जा सके

पुलिस अधीक्षक अरूल कुमार ने आज चम्बा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि नववर्ष को लेकर जिले के पर्यटन स्थलों खजियार व डलहौजी में काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं ऐसे में इन स्थानों पर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है अरूल कुमार ने पर्यटकों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी सहित अन्य दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आहवान भी किया इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार